उन्होंने कल भोपाल में केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि इस काम में शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख का दायित्व महत्वपूर्ण है श्री निशंक ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में सकारात्मक वातावरण के निर्माण के लिये श्रेष्ठ कार्य करने वालों का उत्साहवर्धन किया जाना चाहिये और गड़बड़ी करने वालों के विरूद्व कार्यवाही होनी चाहिये इस बैठक में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कलपति और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे

भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने पार्टी का ध्वज फहराया इस अवसर पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों की एक चित्र प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया

तो आईये आज जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भ्रान्ति और उसकी असलियत के बारे में नागरिकता संशोधन कानून का यह मतलब निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों को कभी भारतीय नागरिकता नही भिल सकती जबकि हकीकत यह है कि इन तीनों और अन्य सभी देशों के मुसलमान हमेशा भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वो इसके पात्र हैं नागरिक संशोधन कानून ने किसी भी देश के किसी भी विदेशी को भारत की नागरिकता लेने से नही रोका है

प्रतिकिया नागरिकता संशोधन कानून का उमरिया जिले के लोग भी स्वागत कर रहे हैं

पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल अब से कुछ देर बाद इस उत्सव का शुभारम्भ करेंगे

मौसम ठंड बर्फीली हवा के चलने से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

बैठक में बुरहानपुर खरगोन और बड़वानी के अधिकारी भी शामिल हैं

केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज पथरिया और सतना में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे